नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष क्मार गंगवार की अध्यक्षता में हई ईएसआईसी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है

मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गयी है

ईएसआईसी के अंतर्गत बीमा करा चुके लोग अपने अंतिम नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करने की बजाय सीधा ईएसआईसी शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं कृषि मंत्री बैठक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की आय दोग्नी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में किए गए प्रयासों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है उन्होंने किसानों की आय दोग्नी करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सराहा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को गांवों और खेतों तक पहुंचाना सरकार उद्देश्य है कृषि अवसंरचनाओं के विकास में एक लाख करोड़ का यह पैकेज एक बड़ा कदम साबित होगा केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए राज्यों को एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए जिसमें कृषि अवसंरचनाओं के विकास और संभावनाओं पर चर्चा की जाए

बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रत्येक जिले में दो दो एफपीओ बनाए जाने के लक्ष्य को राज्य सरकार समय पूरा कर लेगी इस दौरान उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाई जाने का सुझाव दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मैं बेमौसमी फल सब्जियों की अपार संभावना है इनके उत्पादन में फोकस करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है

जब से स्वच्छता प्रस्कार केंद्र की ओर से जारी किए जा रहे हैं तब से आज तक यह देहरादून की सबसे अच्छी रैंकिंग है वहीं उत्तराखंड के सभी नगर निगमों में देहरादून का पहला स्थान आया है देहराद्न नगर निगम की अच्छी रैंकिंग आने का कारण जनता से लिया फीडबैक घर घर से कुड़ा उठान में अच्छा काम और कुड़े का निस्तारण करना रहा है मेयर सूनील उनियाल गामा ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पर्यटन आवास गृह का निर्माण उत्तराखंडी शैली में किया जायेगा यहां उत्तराखंडी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंडी भोजन को मेन्यू में रखा जायेगा प्रिथौराणढ़ आपदा पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण दोमंजिला मकान के गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई आज सूबह करीब साढ़े तीन बजे पिथौरागढ़ तहसील के ग्राम चैसर तोक में बारिश से दोमंजिला भवन गिर गया जिससे चार लोग दब गए प्लिस एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन के बाद चारों लोगों को मलबे से निकाला और जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन तीन लोगों की मृत्यु हो गई मृतकों में सात और तीन वर्ष के दो बच्चे भी शामिल हैं एक महिला को मामूली चोटें आयी हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस हादसे पर शोक जताया है इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसमें कई जगहों पर सड़क यातायात प्रभावित हो गया है द्र्गम इलाकों में संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं मौसम विभाग ने देहरादून पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है माल रोड पर्यटन नगरी नैनीताल की माल रोड अपने प्राने स्वरूप में लौट आयेगी माल रोड का पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा इसके लिये शासन से धनराशि स्वीकृत हो गयी है

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को ग्णवत्ताय्क्त कार्य श्रू करने के निर्देश दिये हैं आपको बता दें कि लोअर माल रोड का एक बड़ा हिस्सा दो साल पहले हुए भू धसांव के चलते झील में समा गया था इसके बाद मालरोड पर आवाजाही बाधित हो गयी थी काफी दिनों के बाद प्रशासन ने अस्थायी निर्माण कर माल रोड को यातायात के लिये खोला

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्यप्रगगति में स्धार नहीं लाने तक संबंधित सचिवों का वेतन न दिया जाए

यूरिया प्रतिबंध अफवाह हरिदवार जिले में किसानों की फसलों को कीट पतंगों और फसलों पर लगने वाले कीड़ों से बचाने के लिए नीम कोटेड यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है

यूरिया का अधिकतम खूदरा मूल्य भी तय किया गया है साथ ही किसानों को यह हिदायत भी दी गई है कि वह अधिक मात्रा में यूरिया खाद का उपयोग ना करें क्योंकि इससे फसलों को न्कसान होने के साथ साथ उनकी लागत पर भी असर पड़ेगा ऐसे में जिले में लगभग सभी किसानों को मृदा कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वह अपनी फसलों के अन्पात में ही यूरिया का प्रयोग कर सकें

इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की थी टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र के गांवों को राजस्व ग्राम बनाये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी किये जाने पर विधायक स्वामी यतीश्वरानन्द ने म्ख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम बनाये जाने से इन गांवों के निवासियों की सालों प्रानी मांग पूरी हई है राजस्व ग्राम बनने से ग्राम वासियों को सभी सरकारी योजनाओं ग्राम पंचायतों के गठन आदि की स्विधायें उपलब्ध हो सकेगी